सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिये दस प्रतिशत आरक्षण देने सम्बधी विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया

गौरतलब है कि इस विधेयक में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सीधी भर्ती और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिये आरक्षण की स्विधा है

गृह मंत्री राजनाथ सिंह विधेयक पेश करते हये कहा कि ये विधेयक केवल असाम के लिये नहीं है परन्त् दूसरे राज्यों और पश्चिमी सीमा पास से राजस्थान दिल्ली और पंजाब में आकर बसे प्रवासियों के लिये भी है कांग्रेस नेता मल्लिकाअर्ज्न खड़गे और तृणमूल कांग्रेस नेता सौगता राय ने विधेयक को सदन की चयन समिति को भेजने की मांग की बाद में कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने विधेयक के विरोध में सदन से वाकआउअ किया सर्वोच्च न्यायालय ने आज आलोक वर्मा के सीबीआई प्रमुख के पद पर बहाल कर दिया है साथ ही न्यायालय ने ये भी कहा कि दिल्ली विशेष प्लिस स्थापना अधिनियम के तहत गठित समिति इस मामले पर फिर से विचार करेगी और तब तक श्री वर्मा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकेंगे न्यायालय ने ये भी कहा कि सीबीआई निदेशक का चयन व निय्क्ति करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ही श्रीवर्मा के सन्दर्भ में आगे कोई फैसला लेगी साथ ही न्यायालय ने जांच एजेंसी के आंतरिम अध्यक्ष के रूप में श्री एम नागेश्वर राओ की निय्क्ति भी रद्द की दी है सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज नई दिल्ली में निजी एफ एम चैनलों के साथ आकाशवाणीके समाचार ब्लेटिनों को सांझा करने की श्रूआत की

अब आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा निजी प्रसारणों को हिन्दी व अंग्रेजी ब्लेटिनों का ज्यों का त्यों प्रसारण करने की अन्मति रहेगी इस अवसर पर श्री राठौर ने कहा कि ये ख्शी की बात है कि एक आम नागरिक किसी भी एफ एम चैनल पर समाचार सुन सकेगा उन्होंने कहा कि इससे नागरिक सशक्त बनेंगे और जागरूकता भी बढ़ेगी उन्होंने कहा कि समाचार के जरिये आम जनता में जागरूकता पैदा करना उनका प्राथमिक उद्देश्य है मंत्री ने आकाशवाणी के साथ सांझेदारी करने वाले रेडियो स्टेशनों व अन्य मीडिया कंपनियों का आभार व्यक्त किया प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य कांत ने भी इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की अब आकाशवाणी के समाचार ब्लेटिनों का प्रसारण निजी एफ एम चैनलों दवारा भी किया जायेगा

विभिन्न कर्मचारी संघों और ट्रेड संगठनों दवारा आज से श्रू की गई दो दिसवीय राष्ट्र व्यापी हड़ताल का हरियाणा में पहले दिन काफी कम असर देखने को मिला यम्नानगर रोहतक और हिसार से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि रोडवेज़ कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल में शामिल होने के बावजूद रोडवेज़ बस सेवा आम दिनों की तरह चली सरकारी कार्यालयों में भी हड़ताल का कोई ज्यादा असर नहीं देखने को मिला पूरे प्रदेश मे स्रक्षा और किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिये प्ख्ता इंतजाम किए गए

कानून व्यवस्था को लेकर चिंतिंत राज्य सरकार ने अदालत से डेरा प्रम्ख को निजी तौर पर न पेश करने की ग्हार लगाई थी फतेहाबाद प्लिस ने स्पैशल स्टाफ ने भूना इलाके के रतिया रोड़ से दो बाइक सवार य्वकों को काबू कर उनसे एक किलो अफीम बरामद की है पकड़े गए दोनों आरोपी गांव ना ोड़ी के रहने वाले है एक प्लिस अधिकारी ने बताया कि प्लिस जांच दल के दवारा ग्प्ता सूचना के आधार रतिया रोड़ पर दोनो आरोपियों की तलाशी के दौरान उनकी बाइक से अफीम बरामद की गई

पकड़ा गया आरोपी चौकीदारी का काम करता है सिरसा की रोड़ी थाना प्लिस ने चालीस हजार के नकली नोटों सहित एक शख्स को गिरफ्तार किया है

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान पंजाब निवासी प्रगट सिंह के रूप में हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है हरियाणा प्रदेश के क्छ इलाकों में आज ध्ंध देखने को मिली

मौसम विभाग के अन्सार प्रदेश के पृथक इलाकों में आज और आने वाले कुछ दिनों तक गहरी ध्ंध पड़ने की संभावना है हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज क्लपति के पी सिंह ने विश्वविद्यालय की नई वेबसाइट का श्भारंभ किया आध्निक डिजाइन व प्रौद्योगिकी से तैयार की गई ये वेबसाइट सभी कम्प्यूटरीकृत उपकरणों में काम करेगी इसमें फार्मर पोर्टल भी बनाया गया है जिसमे किसानों से सम्बधित सूचनायें जानकारी व सफल किसानों के अन्भवों को डाला गया है पंचकुला में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब सभी गरीब परिवारों को रसोई गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाया जायेगा